भारत खिलौना मेले का वीडियो कान्फ्रेंस को माध्यम से उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकल वस्तुओं से निर्मित हैं उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया नरेन्द्र मोदी ने कहा कि किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केन्द्रों का हिस्सा बन जाए तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को समझता है प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश के सदियों पूराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहत बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय खिलौने बच्चों में एकता की भावना को सुद्रढ़ता प्रदान करते हैं

वीरेंद्र कंवर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार सिरमौर जिले में लहसुन की खेती को प्रोत्साहित करने को लिए प्रयासरत है एक बयान में उन्होंने कहा कि जिले के राजगढ़ पच्छाद और संगड़ाह में लहसुन की फसल बड़े पैमाने पर उगाई जा रही है जबकि अन्य विकास खंडो में किसान इसे वैकल्पिक फसल के तौर पर उगा रहे हैं

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकूर ने कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की मलोट पंचायत में आज आयुष विभाग द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविर का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आर्यवेद और योग से मनष्य शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है बिक्रम ठाकर ने कहा कि संयमित नियमित व स्वस्थ जीवनॅशैली योग व आयुर्वेद से ही संभव है

बिक्रम ठाकूर ने बाद में हलेड़ पंचायत के रणो गांव में जनसमस्याए भी सुनी

मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नटवर्क पर होगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा योर उत्सव जनजातीय जिला लाहौल स्पिति की पट्टन घाटी के जोबरंग गांव में योर उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है